इनमें प्रदेश की दो महिला किसान और खरगोन का एक किसान शामिल है होशंगाबाद जिले की महिला किसान कंचन वर्मा और शिवलता मेहतो नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी तथा खरगोन के किसान शोभाराम यादव को यहां सम्मानित किया गया

उन्होंने कहा कि कॉफी रबर नारियल और दालों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि कार्य में लगे लोगों के कौशल विकास के लिए काम कर रही है यह पुरस्कार पिछली फसल में बेहतर कृषि पैदावार के लिये दिये गये

उनकी मांगों में स्पष्ट पदोन्नति नीति प्रमुख है यह विरोध सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सेवाओं को प्रभावित कर सकता है

चिकित्सक चाहते हैं कि राज्य सरकार हमारे लिए एक स्पष्ट पदोन्नति नीति बनाए और वेतन और भत्तों में विसंगतियों को दूर करें

बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं

संभावना इस बात की भी है कि बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी

राज्य पर्यटन निगम द्वारा ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिला कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को सैलानियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर एलईडी टीवी लगाने और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने को कहा

यहां वॉटर स्पोटर्स के साथ साहसिक खेल गतिविधियां भी संचालित की जायेगी

जिसके तहत यहां पंचायत कैफे की शुरुवात की गई है इस कैफे को महिलाएं ही संचालित करेंगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम करमदी के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पंचायत कैफे संचालित किया जा रहा है कैफे में उचित मूल्य पर स्वल्पाहार एवं खानपान की सामग्री विक्रय की जाएगी कलेक्टर रुचिका चौहान ने नए साल पर फीता काटकर इस कैफे का शुभारंभ किया वहीं जिला पंचायत के सीईओ संदीप करकेट्टा ने आकाशवाणी बताया है कि यदि भविष्य में कैफे से महिलाओं को फायदा होगा तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा

इच्छुक उम्मीदवार स्वर परीक्षण की विस्तृत जानकारी और आवेदन कार्यालयीन दिवस में आकाशवाणी भोपाल के संगीत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

इस मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता के संयुक्त सचिव एल स्वीटी चैंगसन ने कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार कर रहा है एनसीआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने उदघाटन मौके पर कहा अंक प्रणाली की शिक्षा में कला का समावेशन विद्यालय से दूर जाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करेगा उत्सव के राष्ट्रीय संयोजक पवन सुधीर ने बताया कि इस आयोजन में छात्र छात्रायें हिस्सा ले रहे हैं

कोरियर के जरिए घर घर तक दवा पहुंचाने की इस सेवा से मरीजों को कतार में नहीं लगना पड़ेगा केन्द्र सरकार यह सेवा पूरे देश में शुरू करने वाली है और सबसे पहले इसे इंदौर में शुरू किया जा रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जी ने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जीवनभर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे उनकी शिक्षाएं युगांतरकारी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि गुरू गोविंद सिंह ने धर्म और समाज की रक्षा की खातिर अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया उन्होंने सदैव भाईचारे और मानवता का संदेश दिया इस अवसर पर प्रदेश के गुरूद्वारों में भी विभिन्न आयोजन हुए ग्वालियर के डबरा में आज गुरूग्रंथ साहिब की पालकी निकाली गई इसके अलावा जगह जगह नगर कीर्तन और लंगर को भी आयोजन हुए

राजधानी भोपाल में भी आज सुबह बादल छाये रहे मगर दोपहर में हल्की धूप निकलने से ठंड से राहत मिली न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्वि हुई

उमरिया जिले की चंदिया तहसील में बारिश के साथ ओले गिरे हैं जिले में ठंड के कारण तीन जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है मंडला में भी कल रात को बारिश हुई वहीं बालाघाट जिले में बीते दो दिनों से बारिश का दौर जारी है जिससे ठंड का असर बढ़ गया है